उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में अपने नौ नवम्बर के फैसले पर पुनर्विचार की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से विवादित स्थल पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है प्रधान न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने अपने चैम्बर में इन याचिकाओं पर विचार किया और इन्हें निराधार पाया इसके साथ ही इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की संभावना भी खत्म हो गई इस पीठ में न्यायामूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ अशोक भूषण एसए नजीर और संजीव खन्ना शामिल थे न्यायालय ने सिर्फ उन्हीं चार पक्षों की याचिकाओं पर विचार किया जो आरंभ में इस मुकदमे में पक्षकार थे इस मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर पुनर्विचार के लिए कुल अठारह याचिकाएं दायर की गई थीं इनमें नौ मुकदमे से संबंधित पक्षकारों की थीं जबकि नौ अन्य पक्षों की थीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भाजपा ने चुनाव से पहले अपने संकल्प पत्र में जिन बातों की चर्चा की थी उन सभी को लागू किया जा रहा है श्री मोदी आज झारखंड के धनबाद में एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अयोध्या फैसले पर देश ने यह दिखा दिया कि एकता क्या होती है भाईचारा क्या है और लोग विभिन्न धर्मों को मानते हुए किस तरह साथ रह सकते हैं

मैंने वोट बैंक की कमी चिंता नहीं की है लोगों की भलाई के लिए काम करने का मेरा इरादा है लखीसराय से पिछले दिनों अपहृत सीपीआई नेता मदन मोहन को नक्सलियों ने रिहा कर दिया है पिछले दिनों जिले के पीरी बाजार थाना क्षेत्र के घोघी गांव से नक्सलियों ने सीपीआई नेता का अपहरण कर लिया था बिहार राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने गोपालगंज स्थित सासामूसा चीनी मिल को बंद करने का आदेश दिया है इस मिल में मानकों के अनुसार प्रद्रषण नियंत्रण के उपाय नहीं अपनाये जाने के कारण यह कार्रवाई की गयी है स्वास्थ्य विभाग ने प्रदूषण मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले पटना के दो सरकारी अस्पतालों समेत दो सौ उन्नीस स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है जिन स्वास्थ्य संस्थानों को बंद कराने का निर्देश दिया गया है उनमें कदमकुंआ स्थित राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल और राजकीय तिब्बी कॉलेज अस्पताल सहित बहत्तर निजी अस्पताल तिहत्तर डेंटल क्लीनिक और चौहत्तर पैथोलोजी लैब शामिल हैं इन सभी संस्थानों पर जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन नियमावली दो हजार सोलह के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप है संसद ने ऐतिहासिक नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस कल पारित कर दिया राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में एक सौ पच्चीस जबकि विपक्ष में एक सौ पांच मत पड़े हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है

संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम मेघालय त्रिपुरा के क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों अरूणाचल प्रदेश नगालैंड और मिजोरम में यह संशोधन लागू नहीं होगा सरकार ने कहा है कि घुसपैठियों और शरणार्थियों के बीच अंतर करने की आवश्यकता है और यह विधेयक किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है और किसी के अधिकार को नहीं छीनता है नसीम नकवी के साथ अनुपम मिश्र आकाशवाणी समाचार दिल्ली हमारे संवाददाता ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर कुछ लोगों से बातचीत की

ये बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला है गवर्मेंट का इससे फायदा यह है कि अब जैसे जितने भी घुसपैठिये देश में घूसे हुए हैं उनको बाहर जाना होगा जिनके पास वैलिड पासपोर्ट या और चीजें नहीं हैं माइनॉरिटी वाले उनको रहने का अधिकार अभी गवर्मेट देगी क्योंकि वे कई सालों से वैसे ही रह रहे थे उनके पास कोई अधिकार नहीं था मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में दिल्ली की साकेत स्थित विशेष अदालत ने आज भी फैसला नहीं सुनाया अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ के छूट्टी पर होने के कारण मामले का फैसला नहीं आ सका अब इस मामले में चौदह जनवरी को फैसला आयेगा इससे पहले चौदह नवम्बर को इस कांड में फैसला आने वाला था लेकिन दिल्ली में अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से अदालत ने फैसला टालते हुए बारह दिसम्बर की तिथि तय की थी इस मामले में बालिका गृह के संचालक ब्रजेश ठाकुर सहित इक्कीस आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म भीषण यौन दुर्व्यवहार और आपराधिक षड्यंत्र रचने सहित कई अन्य आरोप हैं मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर पश्चिमी और उत्तर मध्य क्षेत्रों में कम दबाव का एक सिस्टम बना हुआ है जिसके प्रभाव से कल और परसों प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है इधर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज सुबह से ही हल्का बादल छाया रहा पिछले चौबीस घंटों के दौरान डिहरी ग्यारह डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान तेरह गया का बारह दशमलव एक भागलपुर का चौदह दशमलव दो और पूर्णिया का बारह दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने कहा है कि जलवायू परिवर्तन की चूनौतियों से निपटने और जलवायु अनुकूल खेती के लिये जल जीवन हरियाली अभियान मील का पत्थर साबित होगा श्री कुमार आज दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर में जल जीवन हरियाली यात्रा के दूसरे चरण के तहत जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि मौसम में हो रहे बदलाव के कारण फसल चक्र प्रभावित हुई है जिससे उत्पादकता में कमी आयी है श्री कुमार ने किसानों से स्थानीय वातावरणीय दशाओं के अनुसार फसल चक्र अपनाने को कहा उन्होंने किसानों से खेतों में फसल अवशेष नहीं जलाने की अपील की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया प्रदेश में इस बार कृषि इनपुट अनुदान के लिये तेईस लाख बावन हजार किसानों ने आवेदन किया है

उन्होंने बताया कि सभी आवेदनों के सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है और जल्द ही किसानों के बैंक खातों में राशि भेज दी जायेगी पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी निलेश रामचंद्र देवड़े ने जिले में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी केन्द्रों की पहचान कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का सिविल सर्जन को निर्देश दिया है वहीं अरवल में भी अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और पैथोलॉजी लैब पर कार्रवाई के लिये सिविल सर्जन ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय की ओर से आज अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड मुख्यालय में विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया इस शिविर में बुजुर्गों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गयी और उनके बीच दवा तथा सहायक उपकरणों का वितरण किया गया पटना के हवाई अड्डा थाना क्षेत्र अंतर्गत जगदेव पथ में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यवसायी की हत्या कर दी वहीं भोजपुर जिले के शाहपुर में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि एक अन्य युवक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है कटिहार जिले के फलका से एसटीएफ ने पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी राकेश राय को गिरफ्तार कर लिया है गिरफ्तार अपराधी की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी रोहतास जिले के करगहर से पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से सीआरपीएफ के एक जवान की चोरी गयी इंसास रायफल भी बरामद की गयी है खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर तीन हथियार तस्करों को पांच सौ नब्बे चक्र गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पटियासा से पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में स्प्रीट जब्त कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर मोहल्ला से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के अरियारी थाना क्षेत्र से तीन शराब तस्करों की गिरफ्तारी हुई है बेतिया मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की आज मौत से आक्रोशित कैदियों ने भूख हड़ताल की प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी